वे आज शिमला में कृल्लू और मण्डी ज़िलों के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में बोल रहे थे जयराम ठाकर ने पंचायत प्रधानों से अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से करने का भी आहवान ैकिया उन्होंने कहा कि इससे न केवल विकास को गति मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए पंचायत प्रधानों का आभार जताया शुभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने शिमला में आज विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास पॅरियोजना के तहत ई उद्यान पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का श्भारम्भ किया इसके माध्यम से उद्यान विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम तैयार किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल में बागवानी संबंधी योजनाओं की जानकारी किसानों व अन्य हितधारकों को आसानी से मिलेगी उन्होंने कहा कि यह पोर्टल विभाग के अधिकारियों के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सुविधा देगा जिससे बागवानों को समय पर सेवाएं देने में सुविधा होगी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने परियोजना की विशेषताओं से मुख्यमंत्री का अवगत कराया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्यम के लिए की गई घोषणाओं से प्रदेश को काफी लाभ होगा और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि ई मार्किट लिंक की उपलब्यता से इन इकाईयों को अपने उत्पाद की बिक्री में सुविधा मिलेगी बरागटा वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए बागवानों की समस्याओं को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर से भेंट की उन्होंने कहा कि बागवानी कार्यों में नेपाली मजदूरो की कमी से कोई असुविधा न हो इसके लिए केन्द्र सरकार से चर्चा कर मजदूरो को प्रदेश में लाने का आग्रेह किया जाना चाहिए नॅरेन्द्र बरागटा ने कार्टन और ट्रे की उपलब्धता पर भी सुझाव दिए वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एपीएल परिवारों को सब्सिडी के सस्ते राशन से एक साल के लिए बाहर करने के राज्य सरकार के निर्णय पर हैरानी जताई है एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों के जीवन पर विपरीत और व्यापक असर पड़ेगा वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश आज आर्थिक मंदी के साथ साथ कोरोना महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में लोगों पर महंगाई थोपने की बजाय उन्हें इससे राहत दी जानी चाहिए

एपीएमसी एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के हित में नए एपीएमसी एक्ट को लागू करने के निर्णेय का स्वागत किया है इस फैसले से किसानों को अपने उत्पाद सीधे मंडियों में बेचने की उचित सुविधा मिल सकेगी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज का ऐलान भारत के युवा वर्ग के लिए वरदान सिद्ध होगा

आज सिरमौर जिले के पांवटा साहिब से दो जबकि कांगड़ा ज़िले से एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है पांवटा साहिब की दोनों संक्रभित मां बेटी चार मई को दिल्ली से वापिस आने के बाद होम क्वारंटीन में थीं

इधर कांगड़ा जिले के गुरखड़ी में एक युवती कोरोना पॉज़िटिव पाई गई है जो पिछले दिनों मुम्बई से वापस लौटी थी

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी रेलगाडी लॉकडाउन के चलते गोवा में फंसे हिमाचल के लोगों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी कल ऊना पहुंचेगी उपायूक्त संदीप कुमार ने बताया कि सभी लोगों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा